चतरा में उन्नीस फरवरी से शुरू हो रहा है तीन दिवसीय राजकीय ईटखोरी महोत्सव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले आठ महीने में केन्द्र की एनडीए सरकार के अनेक फैसलों से देश आत्म विश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है नई दिल्ली में एक समारोह में इंडिया एक्शन प्लान दो हजार बीस का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन तलाक की प्रथा समाप्त करने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को निष्प्रभावी करने छोटे व्यापारियों को पेंशन योजना में लाने तथा बोडो शांति समझौते जैसे अभूतपूर्व फैसले किये गये हैं उन्होंने कहा कि देश पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे चल चुका है और इस बारे में कई उपाय किये गये हैं श्री मोदी ने कहा कि केन्द्रीय बजट दो हजार बीस इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगा कर संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारें कर प्रणाली में परिवर्तन से हिचकिचाती रहीं हैं लेकिन वर्तमान सरकार ने कर प्रणाली को जन आधारित बनाने का बीडा उठाया है उन्होंने कहा कि आय कर विकास कार्यों के लिए धन जुटाने का एक आवश्यक साधन है श्री मोदी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब आर्थिक विकास को गति देने के लिए छोटे शहरों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अब भारत के टीयर टू और टीयर थ्री शहर आर्थिक गतिविधियों के नये केन्द्र होंगे इन शहरों में गरीब और मध्यम वर्ग के जरिये डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया की किसी भी समालोचना का स्वागत करेगी लेकिन मीडिया को भी सरकार की जनकल्याण की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरुक करना होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कौषल विद्या अकादमी खोला जयेगा मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है प्रेझा फाउंडेषन के अध्यक्ष मुथुरमण ने कौषल विद्या अकादमी खोलने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया था इस अकादमी में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आईटीआई के साथ ग्यारहवीं और बारहवीं की पढ़ाई एक साथ कराकर उन्हें राजगारोन्मुख बनाया जायेगा इस कौषल विद्या अकादमी में एक साथ दो हजार युवाओं को प्रषिक्षित किया जा सकेगा कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुथ्यरमण की मुलाकात के दौरान कल्याण सचिव हिमानी पांडेय ने बताया कि अमी राज्य में प्रेझा फाउंडेषन द्वारा छब्बीस कल्याण गुरूक्ल छह नर्सिंग कॉलेज और एक आइटीआई कौषल कॉलेज का संचालन किया जा रहा है सुचना और प्रसारण मंत्रालय देशभर में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चला रहा है यह इस महीने की अठाइस तारीख तक जारी रहेगा इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश की विविधता में एकता और राष्ट्रीय भावना को सशक्त बनाना है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत झारखंड और गोवा मिलकर एक दूसरे के राज्यों के इतिहास भूगोल कला संस्कृति और साहित्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय एकता षिविर में दोनों राज्यों के युवाओं ने तीन से सात फरवरी तक झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर का दौरा किया

मुख्य सचिव डीके तिवारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को अप्रैल माह में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए अभियान चलाने का निर्देष दिया है मुख्य सचिव ने इस अभियान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सहिया एएनएम और रोजगार सेवक की सेवा लेने को कहा है वे कल अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि विकास योजना बनाने में वास्तविक जानकारी और आंकड़ा जरूरी है श्री तिवारी ने ग्रमला जिले को इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट रूप में अपनाने को कहा है क्योंकि जन्म पंजीकरण मामले में गुमला राज्यभर में सबसे नीचले पायदान पर है मुख्य सचिव ने स्कूलों में नामांकन के दौरान जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने का भी निर्देष दिया है इसके साथ ही मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को सभी सिविल सर्जन कार्यालय को किसी कर्मी को जन्म मृत्यु निबंधन के लिए अधिकृत करने को कहा है टीकाकरण अभियान के दौरान भी जन्म प्रमाण पत्र दिखाना आवष्यक होगा भारत निर्वाचन आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय प्रषासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राहल कुमार पुरवार को अगले आदेष तक के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है जबकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे को कार्मिक विभाग में योगदान देने का आदेष दिया गया है

आज विष्व रेडियो दिवस है विष्व की पंचानबे प्रतिषत जनसंख्या तक रेडियो की पहुंच है और यह दूर दराज के समुदायों और छोटे समूहों तक कम लागत पर पहुंचने वाला संचार का सबसे सुगम साधन है षिक्षा के प्रसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस में रेडियो की भूमिका को रेखांकित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने पहली बार तेरह फरवरी दो हजार बारह को विष्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया चतरा जिले के इटखोरी में उन्नीस फरवरी से तीन दिवसीय ऐतिहासिक राजकीय इटखोरी महोत्सव आरंभ हो रहा है इस महोत्सव का उदघाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे महोत्सव की सफलता और प्रचार प्रसार को लेकर उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने कल जागरूकता रथ को रवाना किया जिले के सभी प्रखंडो में रथ के माध्यम से इटखोरी महोत्सव का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा वहीं इस महोत्सव को लेकर उपायुक्त ने कल स्वच्छता अभियान भी चलाया भद्रकाली मंदिर परिसर और आसपास के स्थलों पर साफ सफाई की गयी और आम लोगों से क्षेत्र को स्वच्छ रखने की अपील की गई इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे

पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है

अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव ने शहर को साफ अतिक्रमण मुक्त बनाने में सहयोग की अपील की है